प्रधानमंत्री बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आम बजट में घोषित किये गये नये सुधारों से देश की अर्थ व्यवस्था को गति मिलेगी और उसका आधार मजबूत होगा श्री मोदी ने कल टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में कहा कि इससे प्रत्येक नागरिक वित्तीय रूप से सशक्त बनेगा उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये चार क्षेत्रों कृषि बुनियादी ढांचा वस्त्र और प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिया गया है

उन्होंने कहा कि बजट का मुख्य उद्देश्य कर का भार कम करना और आम लोगों की कयशक्ति को बढ़ाना है श्री मोदी ने उम्मीद जताई की इस बजट से देश की मौजूदा आवश्यकताओं और भविष्य की आशाएं पूरी होंगी बजट केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया उन्होंने करदाताओं को राहत देने की घोषणा की अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि पांच लाख रूपये तक की सालाना आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि युवाओं के लिये निवेश अनुमोदन केन्द्र की स्थापना की जाएगी

इस समिति में अपर मुख्य सचिव जल संसाधन वित्त गृह प्रमुख सचिव जन संपर्क और वाणिज्य कर और पर्यटन सचिव को सदस्य मनोनीत किया गया है इसके साथ ही पर्यटन विभाग को इस आयोजन के लिये नोडल विभाग बनाया गया है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

सात दिवसीय इस प्रतियोगिता में वालीबाल फूटबाल कृश्ती बैडमिंटन और कबड्डी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं

किकेट भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवा और अंतिम ट्वेंटी ट्वेंटी अंतरर्राष्ट्रीय किकेट मैच आज माउंट मौंगानुई में खेला जाएगा मैच भारतीय समय के अनुसार दिन में साढ़ बारह बजे शुरू होगा

श्री कुलस्ते इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं से भी भेंट करेंगे

इस समारोह की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं